किफायती मकानों पर अब एक प्रतिशत लगेगा जीएसटी

लोगों को हो रही है भारी परेशानी

घर खरीदने वालों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी परिषद ने निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी की दर बारह प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी है इसमें इनपूट टैक्स क्रेडिट नहीं होगा परिषद की बैठक के बाद केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि सस्ते मकानों पर जीएसटी की दर आठ प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दी गई है परिषद ने सस्ते मकानों का दायरा पैंतालीस लाख रुपये की कीमत तक बढ़ा दिया है मेट्रो शहरों में यह दायरा साठ वर्ग मीटर तथा गैर मेट्रो शहरों में नब्बे वर्ग मीटर तक होगा नई दरें एक अप्रैल से प्रभावी होंगी श्री जेटली ने कहा कि जीएसटी की दर घटने से निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने नोटा को अप्रासंगिक बताते हुये चुनाव आयोग से इसे खत्म करने के लिये पहल करने का अनुरोध किया है मुख्य च्नाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को भेजे पत्र में उन्होंने कहा है कि चुनाव का अर्थ होता है चुनना चुनने के बदले किसी को खारिज करना चुनाव का कभी लक्ष्य नहीं हो सकता उन्होंने कहा है कि च्रनाव एक सकारात्मक जबकि नोटा नकारात्मक अवधारणा है श्री चौधरी ने कहा कि नोटा को जब अप्रत्यक्ष चुनाव में सही नहीं माना गया है तो प्रत्यक्ष चुनाव में यह कैसे उचित माना जा सकता है राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि में बढ़ोतरी की जा सकती है पटना में योजना के शुभारंभ पर आयोजित समारोह में श्री टंडन ने कहा कि वर्तमान में तय छह हजार रूपये की वार्षिक राशि अंतिम नहीं है उन्होंने कहा कि यह राशि सभी पात्र किसानों को जीवन भर मिलेगी योजना के तहत के तहत प्रदेश के तिहत्तर हजार एक सौ उनतालीस किसानों के खाते में इस साल की पहली किस्त के रूप में चौदह करोड़ बासठ लाख अठहत्तर हजार रूपये भेज दिये गये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के लिये घोषित विशेष पैकेज के तहत सड़कों और पुलों की उन्नीस परियोजनाओं को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है इसमें पटना गया पटना बक्सर बख्तियारपुर मोकामा सिमरिया खगड़िया मुंगेर भागलपुर मिर्जाचौकी मुसरीघरारी समस्तीपुर दरभंगा भागलपुर हंसडीहा गया बिहारशरीफ रामजानकीमार्ग तथा उच्चैठ भगवती स्थान तारापीठ सड़क को फोरलेन में तब्दील किया जायेगा जिन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गयी है उनमें गंगा नदी पर सात पुल का निर्माण भी शामिल है महात्मा गांधी सेतु के समानंतर नया पुल राजेंद्र पुल के समानांतर नया छह लेन पुल विक्रमशिला सेतु के समानांतर चारलेन का पुल तथा मुंगेर घाट सड़क सह रेल पुल के निर्माण को मंजूरी दी गयी है इसके अलावा कोसी नदी पर फुलौत घाट और भेजा घाट पुल बनाने की भी स्वीकृति मिली है राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास आज लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य के वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे बैठक में विधि व्यवस्था आचार संहिता के अनुपालन नाकेबंदी छापेमारी और लंबित वारंटों के निष्पादन समेत कई मुद्दों की समीक्षा होगी आयकर विभाग बिहार और झारखण्ड के बड़े बकायेदारों के खिलाफ नोटिस जारी करेगा विभागीय सूत्रों ने बताया कि नोटिस मिलने के बाद भी यदि बकाये टैक्स का भुगतान नहीं होता है तो इनकी चल अचल संपत्ति जब्त की जा सकती है सबसे अधिक छह हजार करोड़ रूपये पश्पालन घोटाले और झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री मध् कोड़ा के समय हुये घोटाले के आरोपियों के पास है जबकि दो सौ डिफॉल्टर लोगों के पास लगभग दो सौ करोड़ रूपये बकाया है मोकामा के नाजरथ आश्रय गृह से फरार हुयी लड़कियों को दरभंगा के सकतपुर थाना क्षेत्र से बरामद कर पटना लाया गया है पटना में उन्हें बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान लड़कियों ने आश्रय गृह में प्रताड़ित करने की बात कही इस बीच पटना के जोनल आईजी सुनील कुमार ने मोकामा शेल्टर होम जाकर जांच की और सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि ये लड़कियां ग्रिल काटकर नहीं भागी थी बल्कि इन्हें भगाया गया था मामले में शेल्टर होम के तीन सुरक्षाकर्मियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है आरा छपरा पुल पर बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक के कारण बिहटा से कोईलवर तक भीषण जाम की स्थिति बन गयी है प्रशासन ने मैट्रिक परीक्षा को लेकर इस पुल पर बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगायी है इस कारण कोईलवर पुल पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है अभी एक लेन में दस किलोमीटर तक ट्रकों की लंबी लाईन लगी हुयी है जाम के कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एम्बुलेंस से मरीजों को पटना आने में भी काफी दिक्कतें हो रही है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है वहीं सत्ताईस फरवरी को ओलावृष्टि की आशंका जतायी गयी है विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम के रूख में लगातार बदलाव आ रहा है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में छह से सात डिग्री सेल्सियस तक की कमी आयी है वहीं दस से बारह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चल रही है मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हये आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से विशेष सतर्कता बरतने को कहा है किसानों को अभी फसलों की सिंचाई नहीं करने को कहा गया है साथ ही तेज हवा के दौरान लोगों को पेड़ों के नीचे खड़ा नहीं होने की सलाह दी गयी है राज्य सरकार ने बड़े सड़क हादसों की जांच के लिये रोड सेफ्टी एक्सीडेंट इंवेस्टिगेशन टीम का गठन किया है परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि ये टीम दुर्घटना के कारणों की जांच करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिये एक्शन प्लान तैयार करेगी राज्य सरकार प्रदेश के हर जिलों में एक सौ एकड़ का भूमि बैंक बनायेगी इसके लिये सभी जिला भू अर्जन अधिकारियों को सर्वे कर जमीन चिन्हित करने को कहा गया है जिला स्तर पर बने इन भूमि बैंकों की जमीन आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण आयडा को सौंपी जायेगी जिसका उपयोग कार्यालय विस्तार आधारभूत संरचना और लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ उद्योगों के विस्तार के लिये किया जायेगा बिहार की रश्मि कुमारी ने राष्ट्रीय कैरम प्रतियोगिता महिला वर्ग में दसवीं बार राष्ट्रीय खिताब जीता है महाराष्ट्र में संपन्न फाइनल मैच में रश्मि ने अपनी प्रतिद्वंदी को उन्नीस सात पच्चीस सात से पराजित किया वहीं महिला वर्ग में बिहार की टीम उप विजेता बनी है गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपराही गांव में एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में छब्बीस एकड़ में लगी लगभग चौदह करोड़ रूपये मूल्य की अफीम नष्ट कर दी गयी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी दर में कटौती प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत और प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से जुड़ी खबरें आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान ने लिखा है किफायती और निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी सात प्रतिशत घटा

दैनिक जागरण की सुर्खी है गोरखपुर में किसान सम्मान निधि योजना का प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ देश के एक करोड़ किसानों को मिली दो हजार रूपये की पहली किस्त दैनिक भास्कर लिखता है मोदी ने संगम में ड्रबकी लगायी कुंभ के पांच सफाईकर्मियों के पैर भी धोये प्रभात खबर ने लिखा है पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी राष्ट्रीय सहारा ने मन की बात कार्यक्रम से जुड़ी खबर को शीर्षक दिया है आतंकियों मददगारों का होगा समूल नाश मोदी आज ने भारतीय क्रिकेट टीम की आस्ट्रेलिया से हार से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह देते हुये लिखा है आखिरी गेंद पर हारा भारत

किफायती मकानों पर अब एक प्रतिशत लगेगा जीएसटी

लोगों को हो रही है भारी परेशानी